लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार चरम पर है

विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मऊ में एक रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है चंदौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सबका साथ सबका विकास सिद्धांत पर काम किया है प्रधानमंत्री ने मिर्जापुर में भी जनसभा को संबोधित किया कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कृशीनगर में जनसभा को सम्बोधित किया उधर पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार एक दिन पहले आज रात दस बजे समाप्त हो जाएगा मंगलवार को कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हई हिंसा को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रचार के समय में कमी कर दी है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने राज्य में चुनाव प्रचार की अवधि कम करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को अनैतिक और असंवैधानिक बताया है कांग्रेस ने भी निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्क्षता पर सवाल उठाया है वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलता से ध्यान हटाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि प्रदेश के सभी सर्विस वोटरों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैलेट पेपर भेजा गया था अब तक बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट वापस आ गये हैं

जिसके बाद मतों की गिनती की शुरुआत की जाएगी

एक मतगणना टेबल पर गणना सुपरवाइजर मतगणना सहायक और माइक्रो आब्जर्बर के रूप में तीन कार्मिकों की तैनाती रहेगी

गणना के बाद पर्चियों को ड्राप बाक्स में डालकर सील किया जायेगा

उसके बाद साढ़े आठ बजे से ईवीएम मशीनों की मतगणना होगी अल्मोड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी उन्होंने प्रत्याशियों से मतगणना एजेंट नियुक्त करने और उनकी सुची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा सभी मतगणना टेबल के लिए एक एक मतगणना एजेंट की नियुक्ति की जानी है उन्होंने बताया कि मतगणना को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक टेबल में सुपरवाइजर गणना सहायक और एक आब्जर्वर की नियुक्ति की गयी है

पांडलिपि गढ़वाल और कुमाऊं की पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कदम बढ़ाया गया है राष्ट्रीय पांडलिपि मिशन संस्कृति मंत्रालय और पुराना दरबार ट्रस्ट के तत्वावधान में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा विषय पर पाण्डलिपि संपदा पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम के जरिए पाण्डुलिपि के महत्व को समझते हुए जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया संगोष्ठी को संबोधित करते हए मुख्य अतिथि पदमश्री डॉ श्याम सिंह शशि ने कहा कि पांडुलिपि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है इनके संरक्षण की जिम्मेदारी हम सब की है इस अवसर पर पुराना दरबार ट्रस्ट के संरक्षक ठाक्र भवानी प्रताप सिंह पँवार ने बताया कि चारधाम संबंधित पांड्लिपियों को एकत्रित और संरक्षित करने का काम किया जा रहा है जो काफी महत्वपूर्ण है मौसम प्रदेश में कई जगह हुई बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आयी है आज भी पिथौरागढ़ और चंपावत समेत कुछ जिलों में बारिश की सूचना है पिथौरागढ़ में बारिश के साथ ही तेज हवाएं चली और ओलावृष्टि हई ओले गिरने से किसानो को नुकसान हुआ है

देहरादून हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में क्छ जगह अंधड़ की संभावना है

वन विभाग जहां तक पहुंच सकता है वहां पर आग बझाई जा रही है लेकिन जिन क्षेत्रों में तक विभाग नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर जंगल जल रहे हैं इससे बेशकीमती वन संपदा के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है वनाग्नि से ग्रामीण भी चिंतित हैं उनका कहना है कि जंगल में आग लगने से पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है इन दिनों स्थानीय जंगली फल काफल का समय है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं लेकिन जंगलों में आग से सब नष्ट हो गया है फलों के साथ ही पश् पक्षियों का चारा भी जल गया है लैंसडौन वन प्रभाग के डी एफ ओ वैभव कुमार सिंह का कहना है कि जंगलों में आग कम से कम लगे इसके लिए फरवरी से ही जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया था

उनका कहना है कि जनसभागिता के बिना जंगलों को आग से बचाना मुश्किल है

इसके तहत सुबह पंचायत को फोन करना होगा और मोबाइल टॉयलेट घर पर पहुंच जाएगा यही नहीं शादी विवाह और पार्टी आदि के लिए भी शौचालय उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है

नगर पंचायत इन शौचालयों को बस स्टाप टैक्सी स्टैंड तहसील हाइडिल और मुख्य बाजार आदि स्थानों पर खड़ा करेगी

जोड़ मेला चंपावत चम्पावत जिले के ग्रुद्वारा रीठा साहिब में लगने वाला जोड़ मेला आज से शुरू हो गया है तीन दिन चलने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में सिख श्रद्वालु पहुंचते हैं जिला प्रशासन ने मेले में सुरक्षा के सभी इंतजाम किए है मेले के श्भारंभ के अवसर पर विभिन्न प्रान्तों से आये ग्रन्थियों ने गुरुग्रन्थ साहिब की अखण्ड पाठ की लड़ी पढ़ी और सबद कीर्तन का आयोजन किया गया जगह जगह लंगर की भी व्यवस्था की गई है मान्यता है एक बार गुरू नानक अपने शिष्य मर्दाना के साथ घूमते घूमते यहां पहुंचे थे